हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने फसल विविधीकरण और भू जल संरक्षण के उद्देश्य से आठ खंडों में फसल प्रदर्शनी खेत तैयार किये

हालांकि मरने वालों की दर कम होकर दो दशमलव चार प्रतिशत रह गई है

यमुनानगर जिले मे कोरोना वायरस से संक्रमित चार नये मामले मिले है सिविल सर्जन डा विजय दहिया ने बताया कि इनमें एक डाक्टर भी शामिल है

हरियाणा विश्वविद्यालय के मृदा विभाग का एक शोध विज्ञानी कोरोना से संक्रमित शाया गया है

स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के उ क्ल ति डा ओ ी कालड़ा ने बताया कि इस मौके र प्लाज्मा दान करने वालों को विशेष तौर र सम्मानित किया जायेगा और प्लाज्मा दान करने र ोस्टर प्रतियोगिता भी करवाई जायेगी

उन्होंने बताया कि किसानों को सिंचाई और क्शल प्रणालियों के बारे में जानकारी दी जा रही है उन्होंने कहा कि इससे न केवल किसानों की आमदन बढ़ेगी बल्किभू जल ा र निर्भरता भी कम होगी उन्होंने बताया कि इन खंडों में किसानों को धान की जगह मक्का बाजरा क ास दालों और बागवानी जैसी फसले बोने के लिए प्रेरित किया जा रहा है

सरीक्षण स्रा होने बाद भी क्छ इंतजार करना होगा क्योंकि जिन स्वयं सेवकों सर सरीक्षण किया जा रहा है सरीक्षण प्ररा होने के दो महीनें के बाद उनकी फिर जांच की जायेगी और वैक्सीन को बाज़ार में आने में समय लगेगा

छताछ में उसने बताया कि वह स्मैक उत्तर प्रदेश से लेकर आया था अदालत ने उसे चार दिन के रिमांड प्र भेज दिया है

हरियाणा में आज सिरसा और यमुनानगर के हाड़ों के साथ लगते जल ग्रहण क्षेत्र में आज बारिश ह्ई

हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसानों ने अच्छी वर्षा को लेकर ख्शी जताई है